सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा इसी दिन राज्यपाल डह आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी होगा

वही कांप्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम राजधानी भोपाल में रखी गई है बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ सभी विधायक शामिल होंगे इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे बैठक में उपस्थिति के लिए कांप्रेस विधायकों को व्हिप जारी होगा सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को भी विधायकदल की इस बैठक में बुलाया गया है बैठक में सत्र की रणनीति के बारे में चर्चा होगी भाजपा बैठक भोपाल में कल भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की भी बैठक बुलाई गई है

बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी डह्क्टर विनय सहम्रबुद्धे खासतौर पर मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है कि श्री सिंह और श्री सहस्नबुद्धे बैठक में विधायकों से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा करेंगे वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है लेकिन गुटबाजी की वजह से भाजपा अभी तक नेता प्रतिपक्ष नही चुन पाई है पदभार प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री वृजेन्द्र सिंह राठौर ने आज अपना पदभार ग्रहण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने वचनपत्र में जो कहा है उसे पूरा करना पहली प्राथमिकता है श्री राठौर ने विभागीय समीक्षा भी की उधर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आज दो सौ बीस किलोवाट विद्युत सब स्टेशन गोविंदपुरा कालसेण्टर और स्काडा का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें तत्काल निबटाई जाये वहीं आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने भोपाल के पंचशील नगर स्थित सरदार पटेल स्कूल पहुंचे यहां उन्होंने अतिथि शिक्षकों के साथ बैठक करते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी व्यापार मेला एक सौ तेरह साल पुराना ग्वालियर व्यापार मेला आज से शुरू हो गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेले का शुभारंभ किया म्वालियर व्यापार मेला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे मेले में आटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर्स के विभिन्न स्टाल सहित मनोरंजन के साथन आकर्षक का केन्द्र होंगे

कल भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में पंजीकृत गैर परिवहन वाहनो और छोटे परिवहन वाहनो को मेला अवधि के दौरान विक्रय पर जीवनकाल कर में छूट सशर्त देने का निर्णय लिया गया है मौसम प्रदेश में ठण्ड से लोगों को हल्की राहत मिली है कल प्रदेश का सबसे कम तापमान छह डिप्री सेल्सियस मण्डला में दर्ज किया गया वहीं भोपाल में कल का न्यूनतम तापमान दस दशमलव पांच और अधिकतम तापमान छब्बीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अगले दो दिनो तक प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है

इस मौके पर तात्याटोपे के प्रतिमा स्थल पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस दौरान विद्यार्थियों को उपाधियां दी इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार